प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चौनलों पर भी यह कार्यक्रम प्रसारित होगा

प्रदेश भाजपा विधायक दल की एक बैठक कल शिमला में पार्टी के राज्य प्रभारी मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई

मंगल पांडे ने कोन्द्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष सत्तपाल सत्ती और केबिनेट मंत्रियों सहित सभी भाजपा विघायक मौजूद रहे इस बीच मंगल पांडे आज पार्टी पदाधिकारियों और विभिन्न मोर्चों व प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे

कुल्लू में एक पद के लिए दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में है उल्लेखनीय है कि खाड़ागाढ़ जिला परिषद की ये सीट सुरेन्द्र शौरी के विधायक बनने के बाद खाली हुई थी वहीं ज़िला परिषद कांगड़ा में परागपुर सीट के लिए भी आज उप चुनाव होगा

विभिन्न स्थानों पर हुई व्यापक वर्षा से जहां नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़क मार्ग भी अवरूद्व हुए हैं खराब मौसम के चलते प्रशासन द्वारा फिलहाल श्री खंड यात्रा व किन्नर कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी है

चंबा का अन्तर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से आरम्म हो रहा है मिजंर यानि मक्की का फूल जिसे मिर्जा परिवार द्वारा सर्वप्रथम भगवान रघुवीर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ाने से मेले की शुरूआत होती है

इस अवसर पर नगर परिषद द्वारा आज शोभा यात्रा निकाली जायेगी इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक प्रदर्शियां भी लगाई जायेंगी और सांस्कृतिक संध्यायें मेले का मुख्य आकषर्ण रहेंगी एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है

कोटरोपी में एनएच धंसा वाहनों की आवाजाही ठप्प हिमाचल दस्तक की एक खबर है अमर उजाला लिखता है मुख्यमंत्री के चॉपर की तीन बार आपात लैंडिग मौसम खराब होने पर भुंतर मंडी सोलन में उतरना पड़ा

दिव्य हिमाचल लिखता है गगल मुंतर एयरपोर्ट के विस्तार को आईआईटी रूड़की के सर्वे में झटका प्रदेश सरकार के सामने दो कठिन चुनौतियां

कोल्ड स्टोर में सूख गए इटली से आए सेब पौधे शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने खबर दी है बद्दी सीए स्टोर में एसी की हवा से ही मर गए विदेशी पौधे आपका फैसला केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हवाले से लिखता है समय से पूर्व किया जाए एम्स का निर्माण दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय खतरों की अनेदखी में लिखा है कि श्रीखंड महादेव और किन्नर कैलाश यात्रा पर गए लोगों ने अगर सावधानी बरती होती तो किसी भी व्यक्ति की जान इस तरह से नहीं जाती